वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा देश में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों में विकसित किये गए किसी भी वैक्सीन के समान ही है कारगर

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

श्री मोदी ने देश में तैयार किये गये दो कोरोना टीकों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है

भारत के देख़ानिकों ने एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है भारत में दुनिया का सबसे बढ़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्रेम भी शुरू होने जा रहा है इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ चूका है और अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे उत्पादों की गुणवत्ता बेहत्तर हो प्रदेश में कोविड टीकाकरण के पहले चरण के लिए चार लाख बयालीस हजार एक सौ पंचानवे स्वास्थ्यकर्मी और अन्य लोगों ने पंजीकरण करवाया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि टीकाकरण के लिए पांच पांच लोगों की टीम का गठन किया गया है जो सौ सौ लोगों को टीके देगी श्री पांडेय ने बताया कि टीकों के भंडरण के लिए राज्य स्तर पर एक क्षेत्रीय स्तर पर दस जिला स्तर पर अड़तीस और प्रखंड स्तर पर छह सौ तीस शीत भंडारण केन्द्र की व्यवस्था की गयी है उन्होंने बताया कि पैंसठ हजार टीकाकर्मी भी चिन्हित किये गये हैं जिनकी सेवा भविष्य में ली जायेगी केन्द्र सरकार ने लोगों से कोविड टीकाकरण को लेकर फैलाये जा रहे अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है स्वास्थ्य मंत्रालय और वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि देश में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों में विकसित किये गए किसी भी वैक्सीन के समान ही कारगर है मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की एक श्रृंखला जारी की है

उत्तर सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राधमिकता पर वैकिसनेशन के लिए चिन्हित किया है पहले समूह में हैल्थ केयर जौर फ्रंट लाइन वर्कर शामिल है

इसके बाद वैक्सीन को अन्य समी जरुरदमंदो को उपलब्ध कराया जाएगा प्रस्त क्या कोई वैक्सीन बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है उत्तर नही कोरोना दैक्सीन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल समय की जानकारी साज्ञा की जएगी प्रस्न यदि कोई व्यक्ति स्थल पर कोटो आईडी दिखाने में असमर्थ है तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा उत्तर छोटो आईडी पंजीकरण स्थल पर पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है ताकि यह चुनिस्वत किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने स्वदेशी टीका बनाने में भारतीय प्रयोगशालाओं के कार्यो की सराहना की है दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है

जो ट्रायल्स हुए है समी वैक्सीन की चारों वैक्सीन की जो अभी इस कंट्री में नहीं है और जो हमारे पास है जहां तक सेफ्टी का इस्यू रै देश को घबराना नहीं चाहिए

हमें ये लेके चलना है कि दोनों वैक्सीन में जो परमिशन मिली है वो इमरजेन्सी डॉज की जो मिली है और उसमें चोड़ा छर्ळ है जो सीरम वैक्सीन कॉम्पोजिसन है उसके बारे में सापारण कंडीशन्त है जो कि हम एमरजेसी यूज में लेते हैं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव सात आठ प्रतिशत हो गयी है एक दिन में चार सौ तीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख अड़तालीस हजार छह सौ चालीस हो गयी है वहीं इसी अवधि में तीन सौ चौवालीस नये मामलों की पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों की संख्या दो लाख चौवन हजार दो सौ अठहत्तर हो गयी है एक दिन में तीन लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार चार सौ आठ हो गया है इधर ब्रिटेन से पिछले दिनों बिहार लौटे सात और यात्रियों की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश भर के तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की कमी आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि अभी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से आ रही नमी के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाने के लिए एक सौ बीस नये बाईपास और फ्लाई ओवर बनाये जायेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कृमार की अध्यक्षता में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया मुख्यमंत्री ने शहरों में सुलभ संपर्कता योजना के तहत बनने वाले इन बाईपास और फ्लाई ओवर का निर्माण पांच सालों में पूरा करने का निर्देश दिया इनमें से इकतीस संरचनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग पर और नवासी राजकीय उच्च पथ पर बनायी जायेंगी प्रदेश में सूक्ष्म उद्योगों के एक सौ तीन क्लस्टर चालू हो गये हैं जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना के तहत ये कलस्टर खोले गये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की हुई बैठक में ये जानकारी दी गयी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चिन्हित किये गये दो सौ आठ क्लस्टर का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया राज्य सरकार ने जनकल्याण कार्यक्रमों और विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और सचिवों को दस जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है

बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन हो गया है पूर्व विधि सचिव अखिलेश कुमार जैन बोर्ड के अध्यक्ष होंगे बोर्ड में दस सदस्य नामित किये गये हैं राज्य सरकार की ओर से पटना उच्च न्यायालय में यह जानकारी दी गयी गौरतलब है कि न्यास बोर्ड मार्च दो हजार सोलह से विघटित था जिस पर न्यायालय ने कड़ी आपत्ति जतायी थी राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव राहुल रंजन महीवाल को प्रोन्नति देते हुए पूर्णिया का प्रमंडलीय आयुक्त बनाया है उनके पास कोसी प्रमंडल के आयुक्त का भी कार्यभार रहेगा पटना और भोजपुर को जोड़ने वाले कोइलवर पुल के उत्तरी लेन पर आज से दो फरवरी तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को आवागमन बंद रहेगा मरम्मत कार्य के कारण सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक आवागमन को बंद रखने का फैसला किया गया है इस दौरान दक्षिणी लेन से पटना से आरा की ओर यातायात बहाल रहेगा वहीं पटना जाने के लिए लोग नये पुल का उपयोग कर सकते हैं राज्य सरकार ने प्रदेश के बहत्तर हजार प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत विद्यालय शिक्षा समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया है मौजूदा समितियों को तीन माह की अवधि का विस्तार दिया गया है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी विभा कुमारी ने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए यह फैसला किया गया है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने मौलवी और फोकानिया की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है दोनों ही परीक्षाएं ग्यारह जनवरी से शुरू होकर पन्द्रह जनवरी तक चलेंगी वहीं वस्तानिया की परीक्षा तेईस जनवरी से शुरू होगी और अट्ठाईस फरवरी तक चलेंगी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बेतिया में पिछले दिनों जाली भारतीय मुद्रा के साथ गिरफ्तार किये गये छह आरोपियों के खिलाफ पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है कटोरिया की भाजपा विधायक निकी हेम्ब्रम मुंगेर के कल्याणपुर में सड़क हादसे की शिकार हो गयीं जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गयी हैं उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना लाया गया है हादसे में उनके दो अंगरक्षक भी घायल हुए हैं पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एसएसबी के जवानों ने करीब एक किलोग्राम चरस बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के चन्द्रशैली में नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूल करने के आरोप में छह अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जहानाबाद जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति अमरजीत कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है भोजपुर जिले के बड़हरा थाना में पदस्थापित दफादार विनय पांडेय को ट्रैक्टर चालकों से पैसा वसूल करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने विद्यालयों के खुलने से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है दस महीने बाद स्कूल कॉलेज हुए गुलजार तीस प्रतिशत बच्चे ही पहुंचे स्कूल हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिहार के सैंतीस जिलों में एक सौ बीस बाईपास का होगा निर्माण प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हवाले से लिखा है देश में शुरू हो रहा है विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन केंपेन दैनिक जागरण की सुर्खी है किसानों के साथ वार्ता में फिर नहीं बात अब अगले दौर की वार्ता आठ जनवरी को होगी दैनिक आज ने लिखा है वैक्सीन की मंजूरी से घरेलू शेयर बाजार ने बनाया रिकार्ड राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है बेनामी संपत्ति मामले में रॉबर्ट बाड्रा से पूछताछ

वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा देश में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों में विकसित किये गए किसी भी वैक्सीन के समान ही है कारगर